सरकार ने नीति के लिए सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है नई नीति का उद्देश्य टेक्सटाईल मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न एकीकृत विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू करना होगा राम जन्म भूमि श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक आज शाम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस न्यास की स्थापना की है बैठक में मंदिर के निर्माण को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जा सकती है

इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि शिवाजी जी साहस और शौर्य के प्रतीक थे उन्होंने देश में स्वाधीनता की अलख जगाई थी वहीं मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट कर शिवाजी को वीरता साहस और दूरदर्शिता का प्रतीक बताया हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि शहर में स्थित शिवाजी प्रतिमा से एक बाईक रैली निकाली गई

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

उद्यानिकी विकास विभाग मौसम के अनूकूल किसानों को मिर्ची की फसल बोने में सहायता कर रहा है